जनमंच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले में सिराज विधानसभा क्षेत्र के सरोआ में आज जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की

उन्होंने कहा कि जनमंच के अलावा जन शिकायतों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन भी शुरू की गई है

उन्होंने कहा कि सरकार उन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है जिनके विकास को किसी कारणवश नजर अंदाज कर दिया गया था मुख्यमंत्री ने जंजैहली थुनाग मुद्रिका बस को भी हरी झंडी दिखाई वन व परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्यमंत्री इससे पहले सोलन जिले में कंडाघाट के समीप एक निजी स्कूल के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास और प्रगति के लिए सरकार निजी सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि इसी उदेश्य से पिछले वर्ष धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टस मीट आयोजित की गई थी

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये स्कूल अपने उदेश्यों को प्राप्त करने में सफल रहेगा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल भी इस दौरान मौजूद रहे

प्रधानमंत्री ने लोगों से विचार भेजने का आग्रह किया है लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या ऑन माइ जीओवी पर लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर प्राप्त लिंक को फॉलो कर अपने सुझाव भी दे सकते हैं योजना राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और स्वावलम्बन के लिए कौशल विकास भत्ता योजना शुरू की है

स्टार्टअप राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास पर विशेष रूप से बल दे रही है सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत सुक्ष्म व लघु उद्योग व्यवसायी लाभान्वित हो रहे हैं योजना का मुख्य उदेश्य रोजगार ढूंढने के बजाए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रेरित करना है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों व बस्तियों में सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए रियायती दरों पर सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई जाती है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने देश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई है उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचकर निजी उपक्रमों को राहत देते हुए इन्हें बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है कुलदीप राठौर ने कहा कि इसके अलावा देश की जनता पेट्रोल व गैस की कीमतों में वृद्धि से भी परेशान है सुरज कुंड राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में प्रदेश को विश्व स्तर पर पर्यटन मार्केटिंग का अवसर मिला है फरीदाबाद में आज मेले के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि इस आयोजन में हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों बुनकरों और कलाकारों को एक जगह पर अपने उत्पाद बेचने का अवसर प्राप्त हुआ है राज्यपाल ने कहा कि सूरजकुंड शिल्प मेला इतनी प्रसिद्वी प्राप्त कर चुका है कि हर वर्ष शिल्पकारों और कलाकारों को इस मेले का इंतजार रहता है उन्होंने इस अवसर पर पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए आमंत्रित भी किया समापन समारोह में कांगड़ा जिले के सांस्कृतिक दल ने झमाकड़ा की शानदार प्रस्तुति दी बाद में राज्यपाल ने मेला मैदान में पर्यटन विभाग के प्रदर्शनी स्टॉल का भी दौरा किया विधिक साक्षरता कल्लू ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शाढ़ाबाई की मशगां और कलैहली पंचायत में आज विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया इस अवसर पर ज़िला व सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है तीरंदाजी हिमसंवाद और लाहौल प्रैस कल्ब के संयुक्त तत्वावधान में केलंग में हिमसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसके तहत आज तीरंदाजी प्रतियोगिता करवाई गई हिमसंवाद संस्था के सहप्रायोजक मोहन लाल रेलिंगपा ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिला व जनजातीय अधिकार सहित अटल टनल के बन जाने से घाटी में पर्यटन संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया

जनजातीय इलाकों के न्यूनतम तापमान में भी हल्का सुधार हुआ है हालांकि सुबह शाम लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है

ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हिमस्खलन की भी चेतावनी दी गई है शिविर ऊना के आयुर्वेदिक अस्पताल में आज निशुल्क बहुउदेश्यीय चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया उपायुक्त संदीप कुमार ने शिविर के शुभारम्भ अवसर पर जरूरतमंद लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर बल दिया

सदर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष कपूर ने बताया कि वे क्षेत्र में सदियाना स्कूल के नवनिर्मित भवन के शुभारम्भ सहित कसान पंचायत के बड़गांव के आयुर्वेदिक विभाग के भवन का शिलान्यास करेंगे